इस समारोह में कई विदेशी मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया है कि समारोह में भाग लेने के बारे में बंगलादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना किर्गिजस्तान गणतंत्र के राष्ट्रपति सुरोनबे जीनबेकोफ और म्यामां के राष्ट्रपति यू विन मिंट की ओर से पुष्टि की है इसके अलावा मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रविंद कुमार जुगनाथ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भूटान के प्रधानमंत्री डॉ लोटे त्शेरिंग और थाईलैंड के विशेष दूत ग्रिसादा बूनराच ने भी समारोह में शामिल होने की पुष्टि की है मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल शाम प्रधानमंत्री निवास पर नरेन्द्र मोदी से लम्बी बातचीत की बताया जाता है कि उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने वाले संभावित नामों पर विचार विमर्श किया पार्टी सूत्रों ने बताया कि सहयोगी दलों की ओर से मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने वाले मंत्रियों की संख्या के बारे में उन्हें अवगत करा दिया गया है आज शाम तक उन सांसदों को सूचित कर दिया गया है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है वित्तमंत्री अरूण जेटली ने पार्टी को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कारणों से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किये जाने का अनुरोध किया वहीं मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने वाले नामों को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं मध्यप्रदेश से नरेन्द्र सिंह तोमर थावर चंद गेहलोत डाक्टर वीरेन्द्र कुमार को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने की संभावना जताई जा रही है वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं जबलपुर से सांसद राकेश सिंह दमोह से सांसद प्रहलाद पटेल खंडवा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है किसान आंदोलन किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने भावांतर का लंबित भूगतान और किसानों की कर्जमाफी से जुड़े मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की है किसान यूनियन ने तीन दिन तक गांव से शहर अनाज दूध सब्जी और फल की आपूर्ति बंद करने की बात कही है यूनियन के अध्यक्ष अनिल यादव ने कल भोपाल में किसानों की मांगों के संबंध में कृषि मंत्री सचिन यादव से मुलाकात की थी उनका कहना है कि सरकार की ओर से ठोस आश्वासन न मिलने के कारण उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है वहीं दूसरे संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के नेता शिव कुमार कक्काजी ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात के बाद आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की उन्होंने बताया कि उनके संगठन की ओर से आज से पांच जून तक यह आंदोलन प्रस्तावित था जिसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया है इसी बीच राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आमजन की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होने दी जाएगी पुण्यतिथि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्ण्यतिथि आज देशभर में मनाई जा रही है

वे देश के पांचवे प्रधानमंत्री थे उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था और आजादी के बाद देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी उड़ीसा शपथ बीजू जनतादल के वरिष्ठ नेता नवीन पटनायक ने आज भुवनेश्वर में उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल ने श्री पटनायक और उनके मंत्रिमंडल सदस्यों को शपथ दिलाई श्री पटनायक ने लगातार पांचवी बार मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री पटनायक को बधाई दी है मौसम राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है

मौसम विभाग का कहना है कि देश के मध्य क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने के कारण मैदानी इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां प्रभावित हुई हैं

इन महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रकिया जून के द्वितीय सप्ताह से आरंभ होगी